आज नई दिल्ली में रक्षा क्षेत्र में बौद्विक संपदा संबंधी पहल को बढ़ावा देने के लिए मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति का शुभारंभ करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्मता बढ़ाना और टैक्नोलोजी के लिए विदेशी कम्पनियों पर निर्भरता कम करना है राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के अधिकारी व कैडेट पूर्ण निष्ठा समर्पण और ईमानदारी के साथ हर चुनौती का सामना करते हुये अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं राज्यपाल आज सत्तरवें एनसीसी दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम को सम्वोधित कर रहे थे राज्यपाल ने एनसीसी के मूल आदर्श एकता और अनुशासन की चर्चा करते हुये कहा कि राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका महत्वपूर्ण है सम्बोधन के दौरान उन्होंने अपने अनुमव को भी एनसीसी कैडेटों से साझा किया इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रक्तदान शिविर योग प्रदर्शन सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि लोगों में जागरूकता बढ़ाकर और पूर्व चेतावनी देने की आधुनिक प्रणाली के ज़रिये प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की आधी लड़ाई जीत ली जाएगी नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्थापना दिवस पर श्री रिजिजू ने कहा कि मानव गतिविधियों से पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है और जलवाय परिवर्तन तथा आपदाओं से निपटने की चुनौतियां बढ़ी हैं उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय आपदा खतरों को कम करने में भारत की अनदेखी नहीं कर सकता क्योंकि वह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक योजनाओं पर काम कर रहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी क्मार चौबे ने राज्य सरकारों से लोगों को अंगदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा है श्री चौबे ने आज नई दिल्ली में नौवे भारतीय अंगदान दिवस के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही तमिलनाडु में छह लाख से अधिक लोगों ने अंगदान किया है और इस तरह देश में अंगदान को बढ़ावा दिया जा रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को स्कूल बैग के वजन और पढ़ाने के तरीकों को सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार करने के निर्देश दिये हैं मंत्रालय ने इस संबंध में समी राज्यों को पत्र भेजा है इन निर्देशों के अनुसार पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा निर्देश के अनुसार छात्रों को अतिरिक्त किताबें अतिरिक्त सामग्री और स्कूल बैग के वजन को निर्धारित सीमा से अधिक नहीं बढ़ाने के लिए कहा जाना चाहिए प्रदेश में वर्तमान समय में प्रतिवर्ष पेट्रोल और डीजल की मांग में आठ से चार प्रतिशत की वृद्वि हो रही है उत्तर प्रदेश तेल उद्योग के कार्यकारी निदेशक अरूण कुमार गंजू ने लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए राज्य में नौ हजार तीन सौ सड़सठ रिटेल आउटलेट खोले जायेंगे उन्होंने बताया कि चार हजार सात सौ तेरह आउटलेट शहरी क्षेत्रों में और चार हजार छ सौ चौवन आउटलेट ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जायेंगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के व्यापार को आसान बनाने के निर्देशों पर अमल करते हुए तेल कम्पनियों ने पहली बार आउटलेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है अविक जानकारी के लिए वेवसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डब्लू डब्लू पेट्रोल पम्प डीलर चयन डॉट इन को सम्पर्क कर सकते हैं हज कमेटी ऑफ इण्डिया ने हज के लिये आवेदन करने की अन्तिम तिथि ग्यारह नवम्बर से बढ़ाकर बारह दिसम्बर तक कर दी है ऑफ लाइन आवेदन करने के लिये हज कमेटी लखनऊ या जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से फार्म प्राप्त किया जा सकता है इसके लिये पासपोर्ट जारी होने की तिथि में भी बदलाव किया गया है अव बारह दिसम्बर तक जारी पासपोर्ट स्वीकार किये जायेंगे संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा को अपने वैश्विक सतत विकासशील शहर दो हजार पच्चीस पहल के लिए चुना है संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत के सिर्फ इन दोनों शहरो को यूनिर्विसटी सिटी वर्ग में चुना गया है

जवाहर नवोदय विद्यालय कृशीनगर के प्रधानाचार्य तेज सागर ने बताया कि अभ्यर्थी जवाहर नवोदय विद्यालय के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं मऊ जिले में मोहम्मदाबाद क्षेत्र में आज एक तेज रफ्तार चार पहिया वाहन की चपेट में आ जाने से तीन लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि चार अन्य घायल हो गये मृतकों में एक बच्ची तथा दो महिलायें शामिल हैं पुलिस सूत्रों ने बताया कि दुर्घटना का शिकार लोग एक धार्मिक स्थल पर जाने के लिये मोहम्मदाबाद गोहना चिरैयाकोट मुख्य मार्ग पर सड़क के किनारे खड़े होकर वाहन का इंतजार कर रहे थे तमी चिरैयाकोट की ओर से आ रहे तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने कुचल दिया पुलिस ने चार पहिया वाहन के चालक को हिरासत में ले लिया है